प्रधानमंत्री ने कहा कि गरीबी उन्मूलन के क्षेत्र में भारत ने उल्लेखनीय प्रगति की है जिसे विश्व की प्रमुख संस्थाओं ने भी स्वीकार किया है

खेलकूद के महत्व पर जोर देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सुद्रढ़ संकल्प और बुलंद हौसलों से रूकावटें खुद ही समाप्त हो जाती हैं

प्रधानमंत्री ने देशवासियों को लोहडी पोंगल मकर संक्रांति उत्तरायण माघ बिह और माघी त्योहारों की शभकामनाएं देते हुए कहा कि भले ही इन त्योहारों के नाम अलग अलग हैं लेकिन सबको मनाने की भावना एक ही है और ये एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को दर्शाते हैं बिंदल विधानसभा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कहा है कि पिछले एक वर्ष में स्वास्थ्य क्षेत्र में नाहन में काफी विकास हआ है उन्होंने आज नाहन में कहा कि इसके अलावा पेयजल व सिंचाई योजनाओं के सुधार में भी प्रगति हुई है

हैल्पलाइन राज्य में शक्ति बटन ऐप और गुड़िया हैल्पलाइन महिलाओं के विरूद्व अपराध पर अंकुश लगाने में वरदान सिद्ध हो रही है

एक सरकारी प्रवक्ता के अनुसार राज्य सरकार की अनेक योजनाओं से महिला सशक्तिकरण को नई ऊर्जा मिली है उन्होंने कहा कि महिला व बाल विकास विभाग महिला उत्थान के लिए लागू की जा रही सभी कल्याणकारी योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित बना रहा है मांग चम्बा ज़िले के पांगी मण्डल के लोगों ने घाटी के लिए जल्द हैलीकॉप्टर उड़ान कराने का आग्रह किया है लोगों के अनुसार पिछले लम्बे समय से यात्री चम्बा से पांगी जाने के लिए हैलीकॉप्टर उडान का इंतजार कर रहे हैं विधिक सेवा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में ज़िला विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर द्वारा बरमाणा में विधिक साक्षरता शिविर लगाया गया जिसमें उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यामूर्ति धर्मचंद चौधरी बतौर मुख्य अतिथि मौजूद रहे उन्होंने कहा कि शिविर के माध्यम से पात्र व्यक्तियों को निशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध करवाई जाती है उन्होंने उपस्थित लोगों को सड़क सुरक्षा से संबंधित नियमों का पालन करने की सलाह दी शिविर में ट्रक मालिकों चालकों परिचालकों मजदूरों पंचायत प्रतिनिधियों और आम लोगों ने हिस्सा लिया सुरेश भारद्वाज शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा है कि शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य युवाओं का समग्र विकास सुनिश्चित करना है ये बात उन्होंने आज सोलन जिला के धन्दन स्कूल के वार्षिक समारोह में कही उन्होंने कहा कि हिमाचल शिक्षा के क्षेत्र में आज देश में दूसरे स्थान पर है लेकिन हमें शिक्षा की गुणवत्ता में और सुधार लाना होगा और प्रदेश सरकार इसके लिए प्रयासरत्त है